प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां सैफी नगर की मस्जिद में सैयदना मुफद्दल सैफ़द्दीन से मिलेंगे

राज्य के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह तथा पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने संबधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिये

इन्दौर के पुलिस उप महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रवास के मद्देनजर की जाने वाली समस्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं

इस परियोजना को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के परियोजना निवेशक मंडल ने रिकॉर्ड समय में अपनी स्वीकृति दी है इससे अब परियोजना का काम शीघ शुरू हो सकेगा नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तत्परता के कारण ही इस परियोजना को जल्द मंजूरी मिल सकी यह परियोजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उत्कष्ट उपलब्धि के रूप में दर्ज होगी स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से इसी सप्ताह शनिवार से शुरू हो रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होने का आहवान किया है श्री मोदी ने ॅअपने टवीट संदेशों में कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के स्वच्छता के स्वप्न को साकार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सकिय सभी लोगों के योगदान की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि शनिवार सुबह सभी एकजुट होकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मिशन ने गैर कृषि आजीविका प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम ् गतिविधि के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्कृष्ट कार्य किया है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बघाई और श्रभकामनाएँ दी हैं हमारे आगरमालवा शाजापूर खंडवा गुना बड़वानी रीवा डिण्डोरी शिवपुरी खरगोन के संवाददाताओं ने बताया है कि उनके क्षेत्रो में भव्य और आकर्षक प्रतिमाओं की स्थापना का दौर चल रहा है वहीं मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ लगी है और विशेष पूजा पाठ का दौर जारी है समाचार संक्षेप में गुना में सत्रह से सत्ताईस सितम्बर तक पर्यटन पर्व का आयोजन किया जायेगा